आदेशों में कहा गया है कि शनिवार के दिन समी अधिकारी व कर्मचारी घरों से ही काम करेंगे

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी इस अवसर पर बहमल्य सुझाव दिए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

पुष्पांजलि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी समाज सधारक व लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फ़ले की पृण्य तिथि पर उन्हें पृष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने कहा कि फूले ने सामाजिक विषमताओं गरीबी उन्मूलन अंधविश्वास छ्आछ्त और जाति व्यवस्था के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया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

बड़ी संख्या में लोगों ने देश के इस महान सपूत को अश्रपूर्ण विदाई दी शहीद को अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हजूम उमड़ा और पूरा इलाका अंचित शर्मो अमर रहे के नारों से गूंज उठा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 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओर से सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक भेजर दीपक धवन ने शहीद अंचित शर्मा के माता पिता को तिरंगा मेंट किया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

उन्होंने रक्तदान को एक महादान बताते हुए कोरोना काल में प्रैंस क्लब के प्रयासों की सराहना की